नई दिल्ली में फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री और आईजीएसटी मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जब तक राजस्व संग्रह में स्थिरता नहीं आ जाती जीएसटी दरों में परिवर्तन की संभावना नहीं है

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि इन शिक्षण संस्थानों या किसी अन्य संस्थान को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है मीडिया में ऐसी खबर आई थी कि केन्द्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों को छात्रों के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिये है मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं और तथ्यों से परे हैं

यह अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर गांधी सर्किल पर पहंचेगा

शांति मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए है

शहर में ऐहतियात के तौर पर इन्टरनेट सेवाएं बंद करने के साथ ही मेट्रो और सिटी बसों का संचालन भी रोक दिया गया है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इस मार्च के जरिए शांति भंग करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है इस निर्णय से कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियों में बडी संख्या में बसी आबादी को लाभ मिलेगा

पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित और अन्य साइबर अपराधों के लिए शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध है

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उन्हें आगे बढ़ाओ रहा